राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है

निर्वाचन विभाग के अनुसार पहले चरण में टोक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालौर उदयपुर बांसवाडा चित्तौडगढ राजसमंद भीलवाडा कोटा और झालावाड़ बारां के लिए नामांकन भरे जाएंगे

इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नेता सोनिया गांधी हाल में पार्टी की महासचिव नियुक्त हुई प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण मुददे शामिल किये जाने की संभावना है पार्टी का घोषणा पत्र वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के नेतृत्व में गठित समिति ने तैयार किया है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत प्रमुख राजनैतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का प्रचार अभियान लगातार गति पकड रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे ने कल प्रतापगढ के अरनोद में जनसभा को संबोधित किया श्री गहलोत और श्री पायलट ने कल बांसवाडा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के उदयप्राबडा में भी च्नावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर दिया लेकिन उनकी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी श्री गहलोत ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने देगी

जयपुर ग्रामीण से केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड के सामने कांग्रेस ने विधायक कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा है जयपुर की दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को खडा किया है

श्रीगंगानगर सीट पर पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल को ही उम्मीदवार बनाया है राजसमंद से देवकीनंदन गुर्जर अजमेर से रिजु झुंझुनूवाला और भीलवाडा से रामपाल शर्मा मैदान में होंगे राज्यभर में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिये नित नये नवाचार हो रहे है इसी के तहत आज बीकानेर में ई संकल्प के बाद हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा इससे पहले कल बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने सेल्फी विद काकोसा अभियान की शुरूआत की उन्होंने पारम्परिक साफा पहनकर अधिकारियों के साथ सेल्फी ली सवाईमाधोपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कैंडल मार्च का आयोजन किया गया यहां पर मतदाता जागरूकता शुभंकर शेरू ने भी अपने संदेश में कैंडल मार्च को सफल बनाने का संदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल मंजुर कर लिया उधर कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी कोटे से दो नए जर्जो अभय अभय चतुर्वेदी और नरेंद्र सिंह ढड़डा को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की है

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सलाह दी है कि र्व यात्रा से पहले चिकित्सा परामर्श अवश्य लें

बैंक आफ बडौदा राजस्थान के महाप्रबंधक प्रकाशवीर राठी ने कल पत्रकारों को बताया कि उत्पादों और सेवाओं की श्रंखला की व्यापक पहंच के कारण ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा

रणथम्भौर से सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग की प्रकिया एक बार फिर शुरू हो रही है

जयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सहा लगाने के आरोप में पुलिस ने कल सात लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने बताया ये लोग चैन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मैच को लेकर सट्टा लगा रहे थे

यह शो चार दिन तक चलेगा इस शो में पौराणिक काल से रत्नों के महत्व को दर्शया जायेगा